इनमें डॉक्टर चिकित्साकर्मी स्वास्थ्यकर्मी सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता शामिल है

वरिष्ठ नागरिकों विधवाओं और दिव्यांगजनों को अगले तीन महीनों के दौरान एक एक हजार रूपये की दो किस्तों में तदर्थ अनुदान दिया जाएगा

बस्ती से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित इस राहत पैकेज द्वारा देश का गरीब तबका जोकि वायरस के संक्रमण क चलते अपनी रोजी रोटी खोने से चिंतित था इस पैकेज के माध्यम से उसकी क्षतिपूर्ति की भरपाई हुई है

वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कल वाराणसी के लोगों से उन्होंने कहा कि यह वायरस भेदभाव नहीं करता और किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे डॉक्टारों विमान चालक दल के सदस्यों और जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों के दुर्व्यहार से बहुत व्यथित हैं

मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में कल नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है

सूचना और प्रसारण मंत्रो ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को भी कहा बाइट बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं उस पर विश्वास न करें सही जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो उनका डेशबोर्ड है एमओएचएफडब्ल्यू डॉट जीओवी डॉट इन वो शुरु किया है हर घंटे की जानकारी मिलती है और आपके कुछ सवाल होंगे तो उसका भी जबाव मिलता है

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज सुबह अपने तीनों मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ ऑडियो कांफ्रेंस की

श्री जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय और भारी उद्यम तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय का प्रभार देख रहे हैं ट्वीटर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ घर पर रहने काम करने और खुश रहने को कहा है

उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे जनता तक सही और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाने के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहें और सामान्य की तुलना में अधिक काम करें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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन को पूर्ण समर्थन देने के लिए प्रदश की जनता को बधाई दी है उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति भूखा न रह जाय ब्यौरा हमारे संवाददाता से राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार अब अस्पतालों की त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई जा रही है

सुशीलचंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना और जन सम्पर्क एवं गृह अवनीश अवस्थी ने लखनऊ में मीडिया के माध्यम से लोगों से संयम और सतर्कता बरतने का आह्वान किया

उन्होंने कहा कि तीस हजार लोगों पर कोरोना के मामले में नजर रखी जा रही है श्री अवस्थी ने बताया कि कम्युनिटी किंचिन के माध्यम से लोगों को फूड पैकेट उपलब्ध कराया जा रहा है और आज लगभग एक लाख फूड पैकेट तैयार किये गये उन्होंने बताया कि दूध की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिये सरकार ने आवश्यक कदम उठाये हैं आज सात लाख लीटर दूध वितरित किया गया जिसे जल्द ही पन्द्रह लाख लीटर तक पहुंचाया जायेगा

उन्होंने लोगों से संयमित होकर लॉकडाउन का अनुपालन करने का अनुरोध किया कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति में प्रदेश भर में सरकारी तंत्रों के साथ गैर सरकारी संगठन तथा सामाजिक सेवा से जुड़े लोग खाना दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण जनता के बीच कर रहे है प्रदेश सरकार ने आवश्यक वस्तुओं को लोगों के घरों तक पहंचाने का काम सरकारी तंत्र के माध्यम से किया जा रहा है इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी सांसद जगदम्बिका पाल ने आज लखनऊ में लोगों के बीच भोजन के पैकटों का वितरण करवाया प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेष चन्द्र अवस्थी ने कहा कि लॉकडाउन का अनुपालन प्रदेश में कड़ाई से किया जा रहा है

बाइट पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू है और अच्छे से इम्पलीमेंट कराया जा रहा है यह लाकडाउन जो है वह जन स्वास्थ्य को देखते हुए और ये जो कोरोना की समस्या हमारे देश में है इसको खत्म किया जा रहा हैं इसलिये इसमें हम बिल्कुल भी ढिलाई किसी भी स्तर पर बरतने नहीं दे रहे है जो वास्तव में उल्लंघन की श्रेणी में आ रहा है उसमें हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं लगभग दो हजार केस हमने दर्ज किये है और यह कार्रवाई हम आगे भी चलायेंगे बस हमको हर हालत में लॉकडाउन का उल्लंघन रोकना है प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कैदी कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं प्रदेश के महानिदेशक कारागार आनन्द कुमार ने बताया कि राज्य की तिरेसठ जेलों में तेईस मार्च तक सवा लाख मॉस्क तैयार किये जा चुके हैं उन्होंने बताया कि जेलों में मॉस्क तैयार करने की कीमत मात्र पांच रूपये प्रति मॉस्क आ रही है